आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान पड़ने वाले मुख्य त्योहार ईद और शुक्रवार के दिन मतदान नहीं कराये जा रहे हैं गौरतलब है कि तृणमुल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने रमजान के महीने में चुनाव कराये जाने पर सवाल उठाये थे कांताराव आचार संहिता प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कान्ताराव ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से कहा है कि सभी राजनेतिक दल लोकसभा चुनाव में आदर्श आचरण संहिता का पालन कराना सुनिश्चित करें जिससे लोकसभा चुनाव शान्तिपूर्ण विश्वसनीय और पारदर्शिता के साथ कराया जा सकें राजनैतिक दलों के साथ बैठक में श्री राव ने कहा कि देश में हो रहे सात चरणों के चुनाव में आखिरी के चार चरणों में प्रदेश में चुनाव होंगे उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन में मतदान के लिये इस बार मतदाता पर्ची के साथ वैकल्पिक पहचान पत्र रखा जाना अनिवार्य रहेगा चुनाव प्रचार में ईको फ्रेन्डली प्रचार सामग्री उपयोग करने का सभी राजनैतिक दलों से आग्रह किया गया है

आयोग द्वारा राजनैतिक दलों को चुनाव प्रचार एवं विज्ञापनों में सुरक्षा बलों के कर्मचारी और अधिकारियों एवं सेना के किसी कार्यक्रम के फोटो का उपयोग नहीं किये जाने के लिये कहा गया है ई वीएम एवं वीवीपैट के परिवहन के लिएउपयोग में लाये जाने वाले वाहनों में जीपीएस लगाया जायेगा चुनावी गतिविधियां लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं विभिन्न दल अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की घोषणा समिति की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गयी समिति के अध्यक्ष और केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अध्यक्षता की इस बैठक में रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण शामिल थीं पार्टी ने सामाजिक राजनीतिक और विदेश नीति पर मामलों को देखने के लिये विभिन्न समितियों को गठित किया है और विभिन्न मुदों को घोषणा पत्र में शामिल करने के लिये लोगों से राय मांगी है वहीं कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक आज गांधीनगर में हो रही रही है जिसमें चुनाव पर चर्चा की जाएगी साथ ही बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन पर भी फैसला किया जा सकता है

छिंदवाड़ा गुना शिवपुरी और रतलाम झाबुआ संसदीय सीट कांग्रेस के कब्जे वाली हैं दोनों ही दल आगामी चुनाव में अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं

जिसके तहत सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के अस्त्रशस्त्र लेकर चलने या इनके सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह जवाबदारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी की होगी कि इस आदेश का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करायें

इस दौरान शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है

वहीं भिंड में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी उन्होंने स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव में मीडिया से सहयोग की अपील की है

रायसेन में कल जिला स्तरीय स्टेण्डिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी गई है वहीं मुरैना में जिला स्तरीय एमसीएमसी कमेटी का गठन किया गया है भाजपा शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग से प्रदेश सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की है पार्टी ने अपनी शिकायत में विभिन्न मुद्दों का हवाला देते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है शिकायत में कहा गया है कि प्रदेश सरकार पिछली तारीखों में तबादले और नियुक्तियां कर रही है जिसे तत्काल रोका जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कल मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचा और पार्टी की ओर से लिखित शिकायत प्रस्तुत की

श्रीनगर में कल संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में लेफ्टिनेंट जनरल केर्ज एस ढिल्लों ने बताया कि जैश के कमांडर मुदस्सिर खान को पिंगलिस त्राल मुठभेड़ में मार दिया गया प्लवामा आत्मघाती हमले के षडयंत्र में उसकी मुख्य भूमिका थी श्री ढिल्लों ने बताया कि खालिद के कोड नाम से जाना जाने वाला पाकिस्तानी मूल का दूसरा आतंकी भी मारा गया है इस अवसर पर सीआरपीएफ के महानिरीक्षक जुल्फीकार हसन और कश्मीर पुलिस के महानिरीक्षक एस पी पाणी भी मौजूद थे

एक सवाल के जवाब में सेना कमांडर ने कहा कि पाकिस्तान बारामुला जिले के उड़ी सेक्टर में कमालकोट इलाके में आम नागरिकों को निशाना बना रहा है लेकिन भारतीय सेना इसका कड़ा जवाब दे रही है पुलिस अभियान जबलपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध हथियारों एवं मादक पदार्थो की जप्ती और अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी में लिप्त तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस की क्राईम ब्रांच ने मुखबिर की सूचना पर मरघटाई के सामने भड़पुरा शोभापुर के पास अवैध हथियारों की तस्करी की फिराक में खड़े तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है इन आरोपियों के पास से चार देशी पिस्टल एक देशी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है इधर भोपाल में एयरपोर्ट पर जांच के दौरान एक महिला यात्री के पास दस लाख पचास हजार रूपये की राशि बरामद की गई जिसकी सूचना आयकर विभाग को दी गई प्रछताछ के बाद महिला को छोड़ दिया गया प्रशिक्षण कार्यक्रम भोपाल में पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट में तीन दिवसीय अपराध अनुसंधान कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम आज से आयोजित किया जायेगा महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की विवेचना पर केन्द्रित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन गृह विभाग के प्रमुख सचिव एस एनमिश्रा करेगें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक महिला अपराध अन्वेष मंगलम ने बताया कि महिला अपराध शाखा पुलिस मुख्यालय एवं यूनिसेफ की संयुक्त भागीदारी से आयोजित हो रहे इस तीन दिवसीय कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपनिरीक्षक स्तर के प्रदेश भर के लगभग एक सैकड़ा पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करेगें मौसम प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर जारी है जहां अलसुबह तो गुलाबी ठण्ड का असर महसूस होता है लेकिन दिन में पारा चढ़ने से गर्मी बढ़ने का अहसास होने लगा है हवायें नहीं चलने की वजह से रात में भी तापमान में कोई कमी नहीं आने से लोगों ने राहत की सांस लेते हुए गर्म कपड़ो का इस्तेमाल बंद सा कर दिया है हालांकि दिन के तापमान में अचानक आई बढ़ोत्तरी से मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है राजधानी भोपाल में दिन भर ध्रप खिलने से गर्मी महसूस की जा रही है साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी मौसम शुष्क बना हुआ है राज्य का अधिकतम तापमान सैतीस डिग्री सेल्सियस खरगौन में दर्ज किया गया वहीं ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में तापमान सामान्य रहा शहडोल होशंगाबाद भोपाल के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई किकेट इंटरनेशनल क्रिकेट कांउसिल आईसीसी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गये तीसरे एक दिवसीय मैच में उसने भारतीय टीम को सेना की तरह की कैप लगाने की अनुमति दी थी ऐसा देश के सशस्त्र बलों को श्रृंद्वाजलि देने के लिए किया गया था पाकिस्तान ने भारतीय टीम के इस व्यवहार का विरोध किया था

और इस मैच की पूरी राशि राष्ट्रीय सुरक्षाकोष में दी थी

इस संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक कल कलेक्ट्रेट में आयोजित की गयी